मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्रेड लाइसेंस संपत्ति कर और मिश्रित सेवाओं को ऑनलाइन करने के लिए सॉफ्टवेयर का किया श्भारंभ केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं की परीक्षा के नतीजे आज हुए घोषित लड़कियों ने बाजी मारी

पीएम केदारनाथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि केदारनाथ के यात्रा मार्ग पर जो जो कार्य किये जायेंगे उसमें स्थानीय स्थापत्य कला का विशेष ध्यान रखा जाय प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्यों के बारे में जानकारी ली उन्होंने कहा कि केदारनाथ जाने वाले पैदल यात्रामार्ग को इस तरह विकसित किया जाय कि श्रद्वाल्ओं को श्रद्वा और आध्यात्म के साथ ही केदारनाथ की पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व की जानकारी मिले प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि केदारनाथ के पैदल मार्ग और पर्वतीय क्षेत्र की व्यावहारिक दिक्कतों को ध्यान में रखकर कार्ययोजना बनाई जाय इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर आध्यात्मिक वातावरण और स्थानीय स्थापत्य कला के साथ ही धाम से ज्ड़ी वैदिक साहित्य माहाकाव्यों केदारखण्ड और पाण्ड्लिपियों में वर्णित जानकारियों का समावेश किया जायेगा म्ख्यमंत्री ने बताया कि भगवान बद्रीनाथ का मास्टर प्लान तैयार है इसके प्रस्त्तिकरण के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री से समय देने का अनुरोध किया

आदिशंकराचार्य की समाधि के प्नर्निमाण सबंधी कार्य भी निर्धारित समय में पूरा किया जाएगा साफ्टवेयर श्भारंभ म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि ई आफिस कार्यप्रणाली लाग् होने से विभागीय कार्यप्रणाली में तेजी आयेगी और ग्णात्मक सुधार होगा साथ ही नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन किये जाने से पारदर्शिता और जवाबदेही में भी वृद्धि होगी

उन्होंने कहा कि विभागीय कामकाज को ई प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है राज्य में सचिवालय के कामकाज को ई ऑफिस से जोड़े जाने के बाद राज्य के शहरी विकास निदेशालय को भी ई आफिस के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है उन्होंने बताया कि शहरी विकास निदेशालय ई ऑफिस के रूप में परिवर्तित होने वाला राज्य का पहला निदेशालय है ई ऑफिस लागू होने से शहरी विकास निदेशालय की सभी विभागीय पत्रावलियों को अब डिजिटल प्लेटफार्म पर ई फाइलिंग के रूप में परिचालित किया जायेगा कौशल विकास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि स्किल यानि क्शल होना री स्किल यानि नए कौशल सीखना और अप स्किल यानि कौशल में सुधार व्यापार के माहौल और बाजार की दशाओं में तेजी से हो रहे परिवर्तन के समय प्रासंगिक बने रहने के मंत्र हैं विश्व य्वा कौशल दिवस के अवसर पर आज वर्च्अल सम्मेलन में श्री मोदी ने यह बात कही प्रधानमंत्री ने कहा कि कौशल न केवल आजीविका के लिए बल्कि हमारे दैनिक जीवन में जीवंत और ऊर्जावान बने रहने का एहसास भी दिलाते हैं श्री मोदी ने कहा कि तेजी से बदलते विश्व में लाखों कुशल लोगों की जरूरत है प्रधानमंत्री ने कहा कि आज ही के दिन पांच वर्ष पहले स्किल इंडिया मिशन शुरू किया गया था इसके तहत देशभर में हजारों प्रधानमंत्री कौशल केंद्र बनाए गए हैं तथा आईटीआई संस्थानों की क्षमता बढ़ाई गई है इन ठोस प्रयासों के कारण पिछले पांच वर्षो में पांच करोड़ से अधिक युवाओं को कृशल बनाया गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस ने रोजगार की प्रकृति और कार्य संस्कृति में परिवर्तन कर दिया है बंशीधर भगत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्यो को पिछले एक महीने में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया गया है आज एक प्रेस वार्ता में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि कोरोना काल में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंदों की मदद की कार्यकर्ताओं ने लाखों लोगों तक भोजन सूखा राशन मास्क सैनेटाइज़र जैसी ज़रूरी सामग्रियां पहंचाई उन्होंने बताया कि मंडल जिला और प्रदेश स्तर पर किये गये कार्यों की डिजिटल बुक तैयार की जा रही हैं अजय टम्टा अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र के सांसद अजय टम्टा ने कहा है कि नेपाल की जनता का जो रिश्ता पहले भारत के साथ था वही आज भी है उन्होंने कहा कि नेपाल की जनता के दिल में भारत के प्रति प्रेम है सांसद टम्टा ने कहा कि उनका संसदीय क्षेत्र नेपाल की सीमा से जुड़े होने के कारण उनके कई मित्र नेपाल में भी है जिनके द्वारा उन्हें वहां की जानकारी मिलती रहती है उन्होंने बताया कि नेपाल की जनता के मन मे आज भी भारत के लिए प्रेम है भारत और नेपाल के बीच शुरू से जो रोटी बेटी का संबंध है वो आज भी कायम है सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सी बी एस ई ने दसवीं कक्षा की परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं

सीबीएसई ने कहा है कि पिछले वर्ष की त्लना में इस वर्ष छात्रो के उर्त्तीण होने वालों की संख्या में मामूली वद्वि हई है

यह परिणाम डिजीलॉकर और उमंग ऐप पर भी देखा जा सकता है एक टवीट में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने परिणाम घोषित होने पर सभी संबंधित लोगों को बधाई दी उन्होंने दोहराया कि विद्यार्थियों का स्वास्थ्य और उत्कृष्ट शिक्षा सरकार की प्राथमिकता है

मरने वालों में तीन महिलाएं और एक बच्ची शामिल है घायलों में एक दस साल का बच्चा भी है

इसके बाद एक टीम रेस्क्यू के लिए घटनास्थल पहंची

इनमें सबसे अधिक प्रवासी पौड़ी और अल्मोड़ा लौटे हैं उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड लौटे प्रवासियों की स्किल मैपिंग की गई है

इसके अलावा तकनीकी बीपीओ स्वरोजगार से जुड़े लोग छात्र और मजद्र भी आए हैं रिपोर्ट में प्रवासियों के रोजगार के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है इसमें तमाम विभागों की योजनाओं को शामिल किया गया है इसलिए राज्य स्तर पर इनमें समन्वय के लिए एक प्रकोष्ठ स्थापित किये जाने का सुझाव दिया गया है

जिला प्रशासन के प्रयासों से राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है

इस मौके पर जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि कोरोना महामारी में रोजगार की आवश्यकता को देखते हुए बहुत कम समय में इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है

यह धनराशि शहरी विकास निदेशक को उपलब्ध करायी गई है सम्बन्धित नगर पालिकाओं को उनके दवारा धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी इस धनराशि से इन नगर पालिका परिषदों द्वारा अपने क्षेत्रों में ट्रंचिंग ग्राउंड की स्थापना और सृदृढ़ीकरण के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य किये जायेंगे

ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने एसएसपी देहरादून को इस गलत खबर को प्रसारित करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं